रक्षा मंत्री के साथ बैठक की सूचना मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया के जरिए दिया बैठक के दैरान राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श किया गया बैठक में श्री खांड् के साथ उप म्ख्यमंत्री चाउना मेन सांसद तापिर गाव और म्ख्य सचिव नरेश क्मार भी थे

राज्य में दर्ज होने वाले कोविड के क्ल मामलों की संख्या छह हजार दो सै सत्तानवे हो गई है जिसमें से चार हजार पाच सौ इक्कतीस कोविड रोगी स्वस्थ हो च्के है राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी ब्लेटिन के अन्सार एक सौ छिहत्तर नए मामलों मे से राजधानी ईटानगर से सबसे अधिक तिरासी चांगलांग से बीस और ईस्ट सियांग तथा वेस्ट कामेंग से दस दस मामले दर्ज किए गए है वही लोअर स्बनसिरी जिले से नौ पाप्म पारे से सात वेस्ट सियांग और लोअर सियांग से छह छह लोअर दिबांग वैली और तवांग से पांच पांच लोंगडिंग से तीन पाके केसांग तिरप लेपाराडा और अपर सियांग से दो दो और सियांग अपर स्बनसिरी लोहित और ईस्ट कामेंग से एक एक नया मामला सामने आया है राज्य के स्वास्थ सेवा निदेशालय द्वारा जारी ब्लेटिन के अन्सार गत श्क्रवार को असम के तेजप्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक पचास वर्षीय बुजुर्ग का ए आर डी एस और एन्सेफलोपेथी के साथ सेप्टिसेमिया के कारण मृत्यू हो गई

हालत बिगड़ने पर उन्हे छह सितम्बर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था

बैठक का उद्देश्य राज्यों के सभी स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता तधा राज्य के अंदर और राज्यों के बीच इसकी निर्बाध आपूर्ति स्निश्चित करना था केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव उद्योग और आंतरिक व्यापार और संवर्द्वन विभाग सचिव फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव और राज्यों के स्वास्थ्य और उद्योग सचिव इस बैठक में शामिल हए राज्यों को विशेष रूप से सलाह दी गयी है कि वे अस्पताल वार ऑक्सीजन प्रबंधन स्निश्चित करें और ऑक्सीजन सिलेंडरों को समय से भरने के लिए अग्रिम योजना बनायें ताकि इसकी कमी न हो राज्यों से यह भी स्निश्चित करने को कहा गया है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध न हो राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे निर्माता और आपूर्तिकर्ता के बिलों का समय से भुगतान सुनिश्चित करें ताकि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो सके

उन्होंने कहा कि सदस्यों को समस्या होगी लेकिन कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है कि बैठने की व्यवस्था से कुछ सदस्यों को परेशानी हो रही है लेकिन स्रक्षित दूरी को स्निश्चित बनाने के लिए सदस्य अपने लिए तय स्थान पर ही बैठें उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि ऐसे में देश कोरोना को पराजित करने में सफल रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वैश्विक स्तर पर असाधारण परिस्थितियों में सभी से सहयोग अपेक्षित है लोकसभा के नियमों तथा प्रक्रियाओं के तहत सभी को पर्याप्त समय और अवसर दिया जायेगा सरकार ने भी इस पर सहमति जतायी है

जांच अभियान के दैरान मास्क न पहनने के आरोप में अट्डासी लोगो पर पांच सौ रुपए का ज्माना लगाया गया साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थ्कने के लिए दो लोगो पर दो सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया नए एस ओ पी के अनुसार मास्क न पहनने वालो के खिलाफ पांच सौ रुपए और सार्वजनिक स्थानो पर थूकने वालों के खिलाफ दो सौ रुपए का ज्र्माना लगाया जाएगा हालाकि पहले मामले में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इससे छ्ट दी गई है इस बीच ईटानगर राजधानी क्षेत्र जिला उपाय्क्त कोमकर द्रलोम ने सभी नागरिको से प्रत्येक लोगो की स्रक्षा के लिए एस ओ पी का पालन करने और सहयोग देने का आग्रह किया है वही राजधानी जिला प्रशासन ने राजधानी क्षेत्र में राज्य से बाहर जाए कामगारों के प्रवेश को दो सप्ताह के लिए बंद कर दिया है जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राजधानी क्षेत्र में कोविड के मामले ज्यादातर बाहर से आए कामगारों में पाया गया है हालाकि बाहर से आए राज्य के लोग अन्य राज्यों से आमंत्रित सरकारी कर्मचारी अंतर राज्य और अंतर जिला यात्रा में कोई रोक नही है